श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि आजादी के सत्तर वर्ष के बाद भी इन गांवों में अंधेरा था और उनकी सरकार को वहां रोशनी पहंचाने और लोगों की आकांक्षाओं को पर देने का गौरव हासिल हुआ है लोग नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और डीडी न्यूज पर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश को समुद्ध बनाने की ओर अग्रसर है उन्होंने कल सतना जिले के मैहर से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू करते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न वर्गो के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है उन्होंने यहां मां शारदा के मंदिर में विधिविधान से पूजा अर्चना करने के बाद पौधारोपण किया मुख्यमंत्री रामनगर अमरपाटन रामपुर बघेलान और अन्य स्थानों पर भी यात्रा के तहत पहुंचकर लोगों से मिलेंगे और सभा भी लेंगे वे सतना जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी यात्रा करेंगे

विधेयक में राज्य सरकारों को कक्षा पांच और आठ के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है

अविश्वाास प्रस्ताव पर कल बहस होगी इसके लिए सात घंटे का समय निर्धारित किया गया है और शुक्रवार को ही इस पर मतदान करा लिया जाएगा वहीं संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुददों पर बहस के लिए तैयार है उन्होंने विपक्षी दलों से सहयोग की भी अपेक्षा की संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने दावा किया कि विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जायेगा उन्होंने कहा कि एनडीए प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट होकर वोट देगा और सरकार को अपेक्षा से ज्यादा समर्थन प्राप्त होगा

यह विधेयक आर्थिक अपराध करने के बाद मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़कर भागने वालों की सम्पत्ति कुर्क करने में सरकार की सहायता के लिए लाया गया है वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक एक सौ करोड़ या उससे अधिक राशि के अपराध के मामलों से संबंधित है अनियमित जमा पर प्रतिबंध लगाने और पोंजी स्कीम चलाने वालों को दस साल तक की कैद की सजा देने का प्रावधान करने के लिए कल लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया

इसमें जमाकर्ताओं के भुगतान में धोखाधड़ी के लिए सजा के अलावा इस तरह की गतिविधियों में लगी कंपनियों की परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान किया गया है

राज्यपाल ने अपने प्रवास के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीणजन जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं

जहां केन्द्र और राज्य सरकार कुपोषण से निपटने के लिए मिलजुलकर प्रयास कर रहे हैं इस दौरान श्रीमती पटेल ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को रसोई गैस चूल्हे वितरित किये इसके अलावा स्वसहायता समूह के सदस्यों से भी चर्चा की राज्यपाल आज और कल शुक्रवार को बड़वानी जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी अखिलेश यादव प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बहजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना से जुड़ी खबरों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरी सिंह यादव के मुताबिक श्री यादव प्रदेश कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और बसपा प्रमुख मायावती के बीच पिछले दिनों हई मुलाकात में मध्यप्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन संभावित होने की खबरें सामने आई थीं

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एनकेजैन और सदस्य सरबजीत सिंह की संयुक्त पीठ ने बंदी सरस्वती की जेल अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में संबंधित पुलिस जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को दोषी ठहराया है आर्योग ने जेल और पुलिस बल के कर्मचारियों को अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील बनाने का प्रशिक्षण देने की जरूरत पर जोर दिया है आयोग कल इन्दौर में मानव अधिकार हनन के मामलों की सुनवाई करेगा सिंधिया प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं जुटाये जाने के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं और प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में पदक हासिल कर रहे हैं उन्होंने कल ग्वालियर स्थित हॉकी अकादमी में दूसरे एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन करते हुए कहा कि आगामी एशियाई खेलों में राज्य के बीस खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है

मौसम बारिश प्रदेश के भोपाल इंदौर समेत पांच संभागों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है भोपाल इंदौर उज्जैन होशंगाबाद और जबलपुर संभागों के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाडी में बने कम दबाव के क्षेत्र के उत्तरी छत्तीसगढ में आकर अति कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलने के कारण प्रदेश में मानसून में सक्रियता आ गई है इसके अलावा मानसून की ध्र्री सागर उमरिया और राजस्थान के जैसलमेर और कोटा पर बनी हुई है जिसके चलते प्रदेश के बडे हिस्से में मानसून सक्रिय है

कलेक्टर ने इसके लिए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने को कहा है

जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया